प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन कल समाप्त हो गया

यह दौरा भारतीय कूटनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि श्री मोदी ने श्री जिनपिंग के सामने बढ़ते व्यापार घाटे का मुद्दा उठाया इस पर जिनपिंग ने इस समस्या को सुलझाने का के लिए ठोस उपाय करने का आश्वासन दिया है जम्मू कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवा कल दोपहर से बहाल कर दी जाएगी जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने श्रीनगर में यह जानकारी दी गौरतलब है कि अगस्त में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण संवैधानिक बदलावों के बाद आतंकवादियों को शांति भंग करने से रोकने के लिए यह प्रतिबंध लगाये गये थे अशोक गहलोत ने कहा है कि उनकी सरकार जनता से किए वादे निभाएगी और उनकी हर आकांक्षा और अपेक्षा पर खरा उतरने का प्रयास करेगी कल सीकर में नगर परिषद के नए भवन का लोकार्पण करते हुए श्री गहलोत ने आमजन से राज्य सरकार की विकास योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया मुख्यमंत्री ने कहा कि सीकर का मेडिकल कॉलेज भी जल्दी शुरू कर दिया जाएगा स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने इस मौके पर कहा कि सीकर के विकास में उनके विभाग की ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर जाएंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार श्री गहलोत आज दोपहर में जोधपुर पहुंचेंगे और वहां नागौरी गेट स्थित श्री करणी माता मंदिर के मुख्य द्वार का उद्घाटन करेंगे इससे पहले कल शाम श्री गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की

मुम्बई चेन्नई और कोलकाता के बाद जयपुर हवाई अड्डे पर भी कल से कॉलेबरेटिव डिसीजन मेकिंग एसीडीएम परियोजना का शुभारंभ हो गया है

बांसवाड़ा के खड़देव गांव में कल देर शाम पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई गौरतलब है कि दशहरे के दिन घायल हुए एक व्यक्ति की कल अस्पताल में मौत होने के बाद गुस्साए लोगों ने आम रास्ता जाम कर दिया और पुलिस पर पथराव किया जिससे सरकारी वाहनों को भी नुकसान हुआ करीब एक घंटे तक पथराव हवाई फायर और आंसू गैस के गोले दागने के बाद नियंत्रित हुई भीड़ ने आला अधिकारियों की समझाइश पर शव रास्ते से उठाया आज पुलिस की मौजूदगी में दाह संस्कार किया जाएगा

बाड़मेर जिले में गुढामालानी धोरीमन्ना मार्ग पर र्टैम्पों पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई शरद पूर्णिमा पर आज प्रदेशभर में विभिन्न पवित्र स्थानों पर लोग पहुंच रहे है चूरू के सालासर बालाजी में आयोजित लक्खी मेले में काफी संख्या में श्रद्वाल पहुंचे